प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए सार्क देशों से एकजुटता की प्रतिबद्धता दौहराई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस केन्द्र पर मतदान को शून्य घोषित करते हुए पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार पुनर्मतदान के मामलों में भारी कमी देखी गई है

उधर पाली शहर के आदर्श नगर स्थित एक मकान में ईवीएम ले जाने के मामले में चुनाव ड्यूटी में नियुक्त सेक्टर प्रभारी को निलम्बित कर दिया गया है इसी मामले में एसडीएम महावीर सिंह राठौड़ का एपीओ किया गया है

सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालयों पर स्ट्रोंग रूम में रखा गया है निर्वाचन विभाग की ओर से मतगणना के लिए सुपरवाईजर मतगणना सहायक और अन्य कार्मिकों को आज से प्रशिक्षण दिया जा रहा है जालौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी कार्मिकों को निर्धारित समय पर प्रशिक्षण में उपस्थित होने के निर्देश दिए है

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने का विश्वास व्यक्त किया है कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है और उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के संस्थापक सदस्य देश के नाते इसकी एकजुटता की प्रतिबद्वता व्यक्त की है कल सार्क का अवां घोषणा पत्र दिवस मनाया गया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सार्क ने बीते तीन दशक के दौरान प्रगति की है प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और हर प्रकार के आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों के संकलन द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर ई पुस्तक का लोकार्पण किया इस सिलसिले में नई दिल्ली में एक समारोह में श्री नायडु ने कहा कि राष्ट्रपति कोविंद ने हमेशा समावेशन पर बल दिया है और वंचितों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने भाषणों में अक्संर सहानुभूति भाईचारा परस्पर गरिमा और उदारता पर जोर दिया है कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि राष्ट्रपति कोविंद के भाषणों में उनका ज्ञान और विविध विषयों पर उनकी पकड़ झलकती है इस मौके पर सूचना प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने भाषणों में न्यू इंडिया के निर्माण पर विशेष जोर दिया है उन्होंने कहा कि बिल्कुल जमीनी स्तर से उठकर शीर्ष पर पहुँचने वाले श्री कोविंद जैसे राष्ट्राध्यक्ष पर देश को गर्व है इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे और प्रकाशन विभाग की महानिदेशक साधना राउत भी मौजूद रही खेल और युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कहा है कि देश में खेलकृद के लिए माहौल और लोगों की सोच बदल रही है कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नल राठौड़ ने कहा कि सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाये हैं अब किकेट के ही नहीं बल्कि अन्य खेलों के सितारे भी उभरकर सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने नये उभरते खिलाडियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मौका देने के लिए ओलिम्पिक टास्क फोर्स का गठन किया है और टारगेट ओलिम्पिक पोडियम नाम की योजना शुरू की है कर्नल राठौड़ ने कहा कि निचले स्तर पर ही खेल प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए खेलो इंडिया स्कूल खेल का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम में पूरी मदद दे रहा है ताकि खिलाडियों को बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा सके

तेरह दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग लेने के लिए रूसी वायुसेना के जवान और लड़ाकू विमान मशीनरी के साथ जोधपुर पहुंच गए हैं पोकरण फायरिंग रेज और बाड़मेर के उत्तरलाई में भी यह युद्धाभ्यास किया जाएगा इस युद्धाभ्यास का पहला चरण गत सितंबर में रूस में आयोजित किया गया था

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि जीएसटी रिटर्न भरने के लिए आवश्यक फार्म जीएसटी के कॉमन पॉर्टल पर जल्दी ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे

आज चौथे दिन भारत ने तीन विकेट के नुकसान पर आगे खेलना शुरू किया